श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिसंबर दो हजार उन्नीस से मार्च दो हजार बीस तक की अवधि के लिए किसानों को दी जाने वाली दो हजार रूपये की तीसरी किश्त जारी कर दी है

श्री मोदी ने आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी दिए

यह राशि दो दो हजार रूपये की तीन किश्तों में दी जाती है श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत पिछले वर्ष फरवरी में प्रदेश के गोरखपुर से की थी इस अवसर पर उन्होंने योजना के तहत दी जाने वाली राशि की पहली किश्त का अंतरण किया थॉ श्री मोदी ने इस योजना को एक ऐतिहासिक कदम बताया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जय जवान जय किसान का नारा वास्तविकता में तब्दील हो रहा है दसवें सिख गुरु गुरू गोबिन्द सिंह जी की तीन सौ तिरपनवीं जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरु गोबिन्द सिंह ने अपना जीवन सत्य न्याय और करुणा जैसे मूल्यों की रक्षा के लिये समर्पित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गुरू गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि ग्रू गोविंद सिंह जी ने समाज को सत्य न्याय धर्म और भलाई के रास्ते पर चलने के लिये प्रेरित किया उन्होंने कहा कि हम सभी को गरू गोविंद सिंह जी के बताये पथ पर चल कर देश और समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने नागरिकता संशोधन कानन दो हजार उन्नीस पर विपक्षी पार्टियों द्वारा कथित रूप से फैलाए जा रहे झूठ और भ्रम को दूर करने के लिए कल से प्रदेशव्यापी अभियान की ्रूआत की अगले पांच दिनों तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को संशोधित नागरिकता कानून के बारे में तथ्यों से अवगत कराया जायेगा भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक यह बात पहंचायेंगे कि नागरिकता संशोधन कानन नागरिकता देने के लिए है न कि किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता ्छीनने के लिए भाजपा के प्रदेश इकाई अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों की श्रृंखला जानना जरूरी है में हम आज रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले एक और भ्रम तथा उसकी वास्तविकता से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह बात पूरी तरह से झूठी है कि इस कानून के बाद एन आर सी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप आएगा और मूरिलमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिकता भिल जाएगी और मुसलमानों को हिरासत शिविरों में भेज दिया जाएगा जबकि हकीकत यह है कि नागरिकता संशोधन कानून का एन आर सी से कोई लेना देना नहीं है एन आर सी का कानूनी प्रावधान दिसम्बर दो हजार चार से नागरिकता कानून उन्नीस सौ पचपन का हिस्सा है इसके अलावा इन कानूनी प्रावधानों को संचालित करने के लिए वि ीश वैघानिक नियम भी बनाए गए हैं नागरिकता संशोधन कानून ने इसे किसी भी तरह से नहीं बदला है राष्टवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद देवी प्रसाद त्रिपाठी का लम्बी बीमारी के बाद आज दिल्ली में निधन हो गया वे छाछठ वर्ष के थे उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में जन्मे श्री त्रिपाठी कालेज के दिनों में छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके निघन पर गहरा शोक व्यक्त करते हये कहा कि श्री त्रिपाठी एक विख्यात राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने जीवनभर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई

श्री योगी ने अपने रोक सन्देश में दिवंगत आत्मा की ान्ति की कामना करते हुये रोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं

गोरखपुर वाराणसी अयोध्या समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज दिन भर हल्की धूप खिली रही हालांकि प्रदेश के हमीरपुर पीलीभीत सीतापुर बलिया समेत कुछ जनपदों में दिन में हल्की बूंदाबांदी भी हुई जिससे वहां मौसम और सर्द हो गया मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोम की स्थिति बनने के कारण आगामी दो दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है